सभी नगरीय निकायों में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ इसके साथ ही दस हजार एक सौ सड़सठ प्रत्याशियों का भाग्य मतपेटियों में कैद हो गया है मतगणना और चुनाव परिणाम की घोषणा चौबीस दिसंबर को होगी राजधानी रायपुर सहित प्रदेशभर के एक सौ इंक्यावन नगरीय निकायों में आज सुबह से ही वोट डालने के लिए मतदाताओं की लंबी कतारें लगी रही मतदान का समय सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक निर्धारित था कुछ पोलिंग बूथों में मतदान का समय समाप्त होने के बाद भी मतदान जारी रहा प्रारंभिक जानकारी के अनुसार प्रदेश में औसत साठ प्रतिशत से अधिक मतदान होने की खबर है नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों में लोगों में वोट डालने में खासा उत्साह दिखाया जबकि नगर निगम क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत अपेक्षाकृत कम रहा है कुछ नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों में अस्सी प्रतिशत से भी अधिक लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है हालांकि मतदान के अंतिम आंकड़े आना अभी बाकी है प्रदेश के जिन एक सौ इंक्यावन नगरीय निकायों में आज मतदान हुआ उनमें दस नगर निगम अड़तीस नगर पालिका और एक सौ तीन नगर पंचायतें शामिल हैं इसके अलावा बिरगांव और भिलाई के तीन वार्डो में भी उपचुनाव हुआ इन सभी निकायों के दो हजार आठ सौ चालीस वार्डो में पार्षद पद के लिए चुनाव हुआ मतदान के लिए कुल पांच हजार चार सौ सत्ताईस मतदान केन्द्र बनाए गए थे स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे

उम्मीदवार की मृत्यु के कारण एक वार्ड में निर्वाचन स्थगित किया गया है वहीं सभी अभ्यर्थियों द्वारा नाम वापस लेने से दो वार्डो में चुनाव नहीं हो रहा है जबकि तीन वार्डों में एक भी नामांकन प्राप्त नहीं होने पर मतदान नहीं हुआ पार्षद चुनाव के बाद संबंधित नगरीय निकायों में महापौर और अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होगा निर्वाचित पार्षद अपने में से किसी एक पार्षद को महापौर और अध्यक्ष चुनेंगे

नई दिल्ली में आज फिक्की के वार्षिक सम्मेलन में इंडिया रोड मैप ट् ए पांच ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी विषय पर आयोजित परिचर्चा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को उनकी उपज का लाभप्रद मूल्य देना होगा ताकि बाजार में मांग में कमी न आए साथ ही पशुपालन और कृषि क्षेत्र की अन्य गतिविधियों को भी बढ़ावा देना होगा खाद्यान्न के उपयोग और निराकरण के लिए वैकल्पिक तरीके अपनाने होंगे मख्यमंत्री ने खाद्यान्न से इथेनॉल बनाने की अनुमति देने फूड प्रोसेसिंग इकाईयां स्थापित करने फूड पार्क की स्थापना पूंजी और ब्याज अनुदान तथा जीएसटी से राहत जैसे उपाय करने की भी बात कही इस दौरान श्री बघेल ने उद्योगपतियों से छत्तीसगढ़ में उद्योग लगाने का आहवान किया और कहा कि राज्य की उद्योग नीति सहयोगात्मक और लचीली है आदिवासी नृत्य महोत्सव राजधानी रायपुर में आगामी सत्ताईस दिसंबर से तीन दिवसीय राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा इस महोत्सव में देश के पच्चीस राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के आदिवासी कलाकार शामिल होंगे इसमें लद्दाख अंडमान निकोबार और पश्चिमी हिमालय के जम्मू कश्मीर तथा केरल के आदिवासी नृत्य भी प्रस्तुत किए जाएंगे वहीं हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले में निवास करने वाली गद्दी जनजाति किन्नौर जिले के किन्नौरा और पंगीधारी के पंगवाल जनजातियों की मनमोहक प्रस्तुतियां भी होंगी महोत्सव में देश के विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों सहित विदेशों के लगभग अस्सी जनजातीय नृत्य दलों के बारह सौ से अधिक कलाकार कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे पहले दिन सत्ताईस दिसंबर को विदेशी नृत्य दलों में से थाईलैंड श्रीलंका और बेलारूस के दल अपनी प्रस्तुति देंगे इसके बाद युगांडा मालदीव और बांग्लादेश के कलाकारों की रंगारंग प्रस्तुति होगी महोत्सव में सत्ताईस से उनतीस दिसंबर तक सुबह नौ से रात नौ बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे रायपुर के साईस कॉलेज मैदान स्थित आयोजन स्थल पर जनजातीय लोक शिल्प और उत्पाद के विक्रय के लिए हाट बाजार भी रहेगा महोत्सव में आने वाले कलाकारों और अधिकारियों की आतिथ्य व्यवस्था में समन्वय के लिए राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदारी भी सौंपी गई है

जिले की चिट्ठी का यह कार्यक्रम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र द्वारा प्रसारित होगा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 इस बार के अंक में कोरिया जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी राम वनगमन भूमिपूजन प्रदेश में राम वनगमन परिपथ के महत्वपूर्ण स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा राज्य शासन ने पहले चरण में सीतामढ़ी हरचौका रामगढ़ शिवरीनारायण तुरतुरिया चंदखुरी राजिम सिहावा के सप्तऋषि आश्रम जगदलपुर और सुकमा जिले के रामाराम को पर्यटन परिपथ के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल बाईस दिसंबर को रायपुर जिले के चंदखुरी स्थित माता कौशल्या मंदिर परिसर में राम वनगमन पर्यटन परिपथ और माता कौशल्या मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण कार्य का भूमिपूजन करेंगे शोधकर्ताओं के अनुसार भगवान श्रीराम ने अपने वनवास काल के चौदह वर्षो में से लगभग दस वर्ष से अधिक का समय छत्तीसगढ़ में व्यतीत किया था भगवान श्रीराम ने छत्तीसगढ़ में वनगमन के दौरान लगभग पचहत्तर स्थानों का भ्रमण किया जिनमें से इंक्यावन स्थल ऐसे हैं जहां उन्होंने रूककर कुछ समय व्यतीत किया था इन स्थलों में से आठ स्थलों का पर्यटन की दृष्टि से विकास के लिए चयन किया गया है

अधिवक्ता नागरिकों को उनके अधिकार और कर्तव्यों की जानकारी देकर जागरूक करने तथा विधिक सहायता के माध्यम से गरीबों की सहायता कर उन्हें त्वरित न्याय दिलाने में भी योगदान दे रहे हैं श्री बघेल ने रायपुर के जिला न्यायालय परिसर में आयोजित अधिवक्ता संघ के सम्मान समारोह में यह बात कही उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई में भी अधिवक्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है समारोह में जिला और सत्र न्यायाधीश रामकुमार तिवारी ने कहा कि नागरिकों को न्याय प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं लोक अदालतों के माध्यम से बड़ी संख्या में प्रकरणों का निराकरण किया अधिवक्ताओं के सहयोग से समय समय पर जागरूकता अभियान चलाकर नागरिकों को उनके गया है अधिकारों और कर्तव्यों के साथ ही विधिक सहायता से दी जाने वाली सुविधाओं की भी जानकारी दी जा रही है इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं और खेलों में विजेता अधिवक्ताओं को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया

इस मौके पर राजधानी रायपुर सहित प्रदेशभर में विभिन्न स्थानों पर श्रद्वांजलि सभा का आयोजन किया गया राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वर्गीय पंडित सुंदरलाल शर्मा और ठाकुर प्यारेलाल सिंह द्वारा प्रदेश के विकास और समाज सुधार के लिए किए गए कार्यों को याद करते हुए उन्हें नमन किया राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित सुंदरलाल शर्मा एक समाज सुधारक और ठाकुर प्यारेलाल सिंह सहकारिता आंदोलन के पुरोधा के रूप में जाने जाते हैं शीतलहर बचाव प्रदेश के कई इलाकों में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ने के साथ ही शीतलहर की स्थिति भी निर्मित हो गई है राज्य में शीतलहर और पाला की स्थिति उत्पन्न होने पर बचाव और राहत के उपाय करने के संबंध में राजस्व विभाग ने सभी संभागीय कमिश्नर कलेक्टर और मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं इसके अनुसार शीतलहर की स्थिति निर्मित होने पर नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले निसहाय आवासहीन गरीब वृद्ध और स्कूली बच्चों को शीतलहर और पाला से बचाव के उपाय किए जाएंगे इनमें रैन बसेरा अस्थायी शरण स्थलों में ठहरने के लिए समुचित व्यवस्था कंबल दवाई और अलाव की व्यवस्था शामिल है भालू हमला मौत रायगढ़ जिले के खरसिया रेंज में भालू के हमले से दो ग्रामीणों की मौत हो गई मिली जानकारी के मुताबिक देवगांव से सूतीग्राम के बीच नाला के पास सुबह भालू ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई इसके कुछ घंटे बाद भालू ने एक अन्य व्यक्ति पर भी हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया जिससे उसकी भी मौत हो गई घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के शव को पोस्टपार्टम के लिए भेजा गया